कल एक ट्वीट में श्री मोदी ने देश को सोशल मीडिया से दूर रहने की अपनी योजना के बारे में बताया हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अभी केवल इस बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के कुछ क्षणों के भीतर ही ट्विटर पर बडी संख्या में लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी जो प्रधानमंत्री से कह रहे थे कि वे ऐसा कोई फैसला न ले

श्री मोदी के इंस्टाग्राम पर तीन करोड से अधिक फॉलोवर हैं

श्री मोदी टिवटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं हाई स्कूल परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है

मंडल द्वारा नकल रोकने के लिए भी इस बार सख्त इंतजाम किये गये हैं सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल फोन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे

दतिया खंडवा बड़वानी भिंड मुरैना सहित सभी जिलों में हाई स्कूल परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है विद्युत मेन्टेनेंस ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही विद्युत मेन्टेनेंस करें इस दौरान विद्युत प्रदाय सुचारू रखने के लिये आवश्यक कार्य ही करें श्री सिंह ने कहा कि मेन्टेनेंस शिडयूल को कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये जिससे उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी मिल सके श्री सिंह ने कहा कि मेन्टेनेंस शिडयूल मॉनीटरिंग के लिये एक प्रणाली विकसित की जाये

फाग महोत्सव कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री हर्ष यादव आज भोपाल हाट में फाग महोत्सव का शुभारंभ करेंगे

इस अवसर पर हम आज से प्रादेशिक समाचारों में ऐसी महिलाओं की खबरें प्रसारित करेंगे जो प्रदेश में दूसरों के लिए भिसाल बन गई हैं

उन्होंने बताया कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापकों ग्रंथपालों और क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है अतः इसे अद्यतन करते हुए अगले चरण के लिये रिक्त पदों की गणना की गई है

उत्सव के दौरान भगोरिया हाट में महुए और ताड़ी की मादक गंध के साथ आदिवासी युवक युवतियों के पैर संगीत की स्वर लहरियों के साथ थिरकेंगे इस दौरान ठेठ आदिवासी युवक युवतियां परंपरागत परिधान में तो पढ़े लिखे युवक युवतियां आधुनिक परिधानों में नजर आएंगे

योजना का शुभारंभ जिले के टांगखुर्द में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने किया